विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापिस लाने के लिए वंदे भारत मिशन की पांचवे चरण की शुरूआत कल से हो रही है

कृषि मुंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्टार्ट अप और कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने की जरूरत है इस स्टार्ट अप को देशभर में फैले स्टार्टअप कंपनियों को प्रबंधन और कार्यस्थल आदि बारे प्रशिक्षित करने वाले कृषित व्यापार केन्द्रों में दो महीनें के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा वंदे भारत मिशन का पांचवा चरण कल से शुरू होगा

खाड़ी सहयोग परिषद के देशों सहित अमेरिका कैनेडा जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मलेशिया फिलिपींस सिंगापुर बंगलादेश म्यांमा थाईलैंड चीन इजराइल और किर्गिस्तान शामिल है

परीक्षण के दौरान प्रिसीपल इंवेस्टीगेटर की जिम्मेदारी निभा रही फर्माकोलोजिकल विमाग की सुनीता वर्मा ने बताया कि परीक्षण में शामिल किसी भी वयक्ति पर अभी तक वैक्सीन का कोई प्रतिकूल प्रभाव देखेने को नहीं मिला है आज प्रथम चरण में शामिल तीन युवकों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ईद की पूर्व संध्या पर लोगों विशेषकर मुस्लिम भाईयों और बहनों को शुभकामनायें दी है अपने संदेश में श्री कोविदं ने कहा कि यह त्यौहरा कर्बानी और सौहार्द की भावना का प्रतीक है जहो लोगों को सब की भलाई हेतु काम करने के लिए प्रेरित करता है

इन लोगों के रिहायशी इलाकों लक्ष्मी गार्डन छछरौली और मॉडल व जगाधरी के मुखर्जी पार्क क्षेत्र मे चौकसी बढ़ा दी गई है

सिरसा में आज तीन नये पोजिटिव मामले सामने आये है सिविल सर्जन डॉ सुरेन्द्र नैन ने आज सात मरीजो के स्वस्थ होने और दो मरीजो की मृत्यु होने की जानकारी भी दी है

आज हरियाणा में शहीद उद्यम सिंह के बलिदान दिवस पर विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर उनहें श्रद्दांजलि अर्पित की गई यमुनानगार के उप मंडल रादौर के गांव अलाहर में हरियाणा के शिक्षा एंवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शहीद उद्यम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया और रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ यमुनानगर के शहीद उद्यम सिंह पार्क में भी शहीद की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया गया सिरसा के गांव संगर सरिस्ता स्थित डेरा बाबा भूमन शाह में उपायुक्त रमेश चन्द्र बिढ़ान ने रक्तदान शिविर का उदघाटन किया और शहीद उद्यम सिंह के चित्र पर पुष्य अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजति दी अम्बाला शहर में विधायक असीम गोयल ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्ट अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी पलवल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरेन्द्र पाल राणा ने महाराजा प्रताप भवन में शहीद उद्यम को पुष्पांजलि अर्पित की और युवाओं को शहीदों से सीख लेते हुये देश प्रेम की भावना को जीविज रखने को कहा

इसके तहत एग्रो इंस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड राज्य में हरित ब्रांड के तहत लगभग दो हजार रिटेल आउटलेट खालेगा हरियाणा एग्रो इंस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट में राज्य की प्रमुख ऐजेसियों जैसी वीटा हैफेड आदि के उत्पादों के अलावा अग्रणी बहुर्राष्ट्रीय कपंनियों के तेजी से बिकने वाले अन्य उत्पाद उचित दामों पर उपलब्ध होंगे ये रिटेल आउटलेट खोलने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवायें प्रदान करना है

इस उद्देश्य से राज्य मे एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है

हरियाणा में आज पलवल अलीगढ़ जींद मार्ग पर कुंडली गजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे के पुल के पुल के नीचे केंटर की चपेट में आने से एक मोटर साइकल सवार व्यक्ति की मौज हो गई पुलिस प्रवक्ता ने अनुसार अलीगढ़ निवासी ऋषि पाल पलवल से वापिस अलीगढ़ जा रहा था हादसे में ऋषि पाल गंभीर रूप से घायल हो गया उपचार के लिए उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया हे और अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है